कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थकर्मियों को मिलेगा एक महीने का अतिरिक्त वेतन सदन में स्वास्थ्य मंत्री ने की घोषणा

बीसीआई ने की इंग्लैंड के साथ होने वाली तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा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

वहीं रेशम और लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है

श्री सोरेन ने बताया कि मध्याह भोजन के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब सप्ताह में तीन दिन अंडा दिया जाएगा नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों की नियमावली बनाकर जल्द नयी नियुक्ति करेगी इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज विधानसभा में कोरोना महामारी के दौरान काम करने वाले सभी स्वास्थकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिए जाने की घोषणा की

इस विधेयक में केन्द्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह खनिज प्रतिष्ठान द्वारा व्यवस्थित राशि के इस्तेमाल संबंधित निर्देशों को जारी कर सकती है विधेयक पेश करते हुए कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये विधेयक देश के खान क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लाया गया है उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद से खनिजों का उत्पादन बढ़ेगा नए रोजगार मिलेंगे राजस्व में बढ़ोतरी होगी और खनिज गतिविधियों में निजी भागीदारी सुनिश्चित होगी

इधर लोक सभा में आज इस विधेयक पर हई चर्चा के दौरान रांची से सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस बिल से राज्यों के विकास को गति मिलेगी केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में बढती आबादी को नियंत्रित करने के लिए दो बच्चों की नीति लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह जानकारी दी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क में हैं जहां कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है मंत्रालय का कहना है कि केन्द्र सरकार उनके साथ कोविड नियंत्रण तथा जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा कर रही है मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है जहां जांच कम कर दी गई थी रामगढ़ जिले में तीन चरणों के तहत विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है

इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है

सौ से अधिक केंद्रों से जुड़े इन पारा शिक्षकों से उपायुक्त ने कोविड वैक्सीन कोरोना संक्रमण थर्मोकॉल के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के उपाय घटते लिंगानुपात दहेज प्रथा शौचालय और साफ सफाई जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि पारा शिक्षक समाज के आधार स्तम्भ हैं जो बच्चों को एक सही दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होते हैं उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण के बढ रहे मामलों को लेकर सतर्क और सावधान रहने की अपील की

इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ नक्सलग्रस्त इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए कृतसंकल्प होकर काम कर रहा है श्री राय ने कहा कि बल ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की आशंका वाले इलाकों में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है उन्होंने द्रढतापूर्वक देश की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की

रांची जिले की पुलिस ने एक पुलिस अधिकारी पर गोली चलाने के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने आज बताया कि इनके पास से हथियार चाक स्कूटी मोबाइल फोन और कई सोने के चेन बरामद किये गए हैं इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज घायल पुलिस अधिकारी से अस्पताल में मुलाकात की और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए उन्हें पांच हजार रुपये का इनाम दिया

यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर संजीव कुमार चर्चा में भाग लेंगे

महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस अवसर पर संगीत सभाओं के साथ साथ पंडित भीमसेन जोशी की स्मृतियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं बीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है तीनों अंतर्राष्ट्रीय मैच पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे

और अब संक्षिप्त खबरें लातेहार जिले की पुलिस ने एक नक्सली संगठन से संपर्क रखने के आरोप में चार लोगों को हिरासत में लिया है इधर चतरा जिले के प्रतापपुर से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है

इस दौरान जिले के वरीय अधिकारियों और कर्मियों को आय पर कटने वाले टीडीएस से सम्बंधित विस्तृत जानकारी दी गयी

इसके अलावा नदियों में कचरा न डालने आदि जैसी महत्वपूर्ण बातों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है

इस दौरान जल पर चर्चा और जल संरक्षण के विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का निर्णय लिया गया

चाईबासा जिला मुख्यालय में आज कृषि विभाग की ओर से उद्यानिकी फसलों पर प्रमंडल स्तरीय परिचर्चा का आयोजन किया गया इसका उदघाटन उपायुक्त अरवा राजकमल ने किया